पीटीए व पैट अध्यापकों के अनुबंध काल की सेवाओं को नियमित काल में नहीं किया जाएगा शामिल कोरोना महामारी के मुद्दे पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन से किया वाकआउट विपक्ष की गैर मौजूदगी में काम रोको प्रस्ताव ध्वनिमत से नामंजूर

प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामलाल ठाकुर और राकेश सिंघा के प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी इस अधिनियम में पुलिस कर्मियों को आठ साल के अनुबंध के बाद नियमित करने का प्रावधान है जबकि सरकार ने अन्य विभागों में अनुबंध कर्मियों को तीन साल में ही नियमित करने का नीतिगत फैसला सत्ता संभालने के साथ ही लिया था

विधायक जगत सिंह नेगी के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा विकास योजनाओं और भवनों के शिलान्यास व उद्घाटन के लिए किसी व्यक्ति विशेष को अधिकृत नहीं किया गया है और न ही इस बारे कोई नियम निर्धारित है विधायक विनय कुमार और पवन कुमार काजल के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि पीटीए व पैट अध्यापकों के अनुबंध काल की सेवाओं को नियमित काल में सरकार सम्मिलित नहीं करेगी उन्होंने कहा कि ऐसा करने से पीटीए व पैट के अनुबंध काल के समय पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियमित हुए अध्यापकों के सेवा संबंधी अधिकार प्रभावित होंगे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने की योजना जारी है विधायक विनय कुमार के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा कि सिरमौर जिला में सरकार द्वारा वर्तमान में चूना पत्थर के नए मामलों को खनन पट्टे पर देने का कोई विचार नहीं है

वॉकआउट विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस ने आज लगातार दूसरे दिन सदन से कोरोना महामारी के मुद्दे पर वॉकआउट किया और विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की मनाही के बावजूद सदन के बीचों बीच आकर नारे लगाए व हंगामा किया इस दौरान विपक्ष द्वारा लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर दो दिन तक हुई चर्चा का जवाब भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के शोरगुल के बीच ही दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनेटाइजर खरीद मामले में जांच लक्ष्य तक पहुंच गई है और जल्द ही इसे पूरा कर आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा उन्होंने वेंटिलेटर खरीद मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया और कहा कि वेंटिलेटर के सारे दाम जैम पोर्टल पर अभी भी मौजूद है विपक्ष के हंगामे के बीच काम रोको प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सैनेटाइजर खरीद मामले में एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया है उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर खरीद को लेकर एक गुमनाम पत्र आया था और जांच में पाया गया कि ये पत्र एक व्यक्ति ने रंजिश में लिखा था उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था और आगे की कार्रवाई जारी है पीपीई किट मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें स्वास्थ्य निदेशक की एक व्यक्ति से पैसे के लेन देन की बात मौजूद है इस मामले में सरकार ने तत्कालीन स्वास्थ्य निदेशक को गिरफ्तार किया था और इसकी जांच चल रही है मुख्यमंत्री ने विपक्ष के हंगामे के बीच तल्खी भरे तेवरों में कहा कि आने वाले समय में विपक्ष को सदन के बाहर भी बेनकाब किया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट पर विधानसभा में दो दिन से अधिक समय तक चर्चा हुई लेकिन खेद की बात है कि विपक्ष ने इस संकट से निपटने के लिए कोई सकारात्मक सुझाव नहीं दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मामले में हिमाचल की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में सुखद है

विधेयक मॉनसुन सत्र के तीसरे दिन सदन में आज कुल पांच विधेयकों को सरकार की ओर से पेश किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज व उद्योग मत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने अध्यादेशों पर विधेयक पेश किए जिन पर अभी चर्चा कर उन्हें पारित किया जाएगा

विधायक रमेश धवाला ने रोजगार सुजन के लिए कृषि को बढावा देने तथा बलबीर सिंह ने प्रदेश में लोकमित्र केन्द्रों में हो रही धोखाधडी का मामला उठाया

आज विधानसभा में राज्य सड़क सुधार परियोजना पर एक वक्तव्य के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बाद ये पहली परियोजना है जिसके लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं

मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को हस्ताक्षरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर व विश्व बैंक का आभार जताया है कंगना सुरक्षा हिमाचल से संबंधित बालीव्ड अभिनेत्री कंगना रणौत की सुरक्षा को लेकर प्रदेश विधानसभा भी चिंतित दिखी इस मामले पर सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों का विचार एक जैसा ही था भोजनावकाश के बाद विधायक होशियार सिंह ने मामला उठाया कि मुम्बई में कंगना के कार्यालय को बीएमसी ने तोड़ दिया है और उनकी सुरक्षा को खतरा है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि हिमाचल सरकार कंगना के साथ है और उनके पिता के आग्रह पर राज्य व केन्द्र सरकार ने वाई प्लस सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई है अब सुचना मिली है कि मुम्बई में उनका दफतर तोड़ दिया गया है जो निंदनीय है विधायक रामलाल ठाक्र ने इसे कानूनी मसला बताया और कहा कि मामले पर यहां चर्चा नहीं हो सकती है जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद उनकी सुरक्षा से जुड़ा है न कि अदालत के मामले में हस्तक्षेप करने से शिक्षा मंत्री गोबिंद सिंह ठाक्र ने भी इसे गंभीर मामला बताया विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम भी कंगना की सुरक्षा चाहते हैं और इस पर जो हो सकेगा करेंगे मनकोटिया इस बीच पूर्व मंत्री और भारतीय पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा है कि हिमाचल की बेटी व बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत ने निर्भीक होकर बॉलीवुड की कुरीतियों का पर्दाफाश किया है एक बयान में उन्होंने कहा है कि मुम्बई में शिवसेना या कोई और संस्था कंगना रणौत को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मनकोटिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमितशाह से असामाजिक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है अनुराग केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी से प्रभावित देश के लाखों रेहड़ी व पटरी वालों को राहत पहुंचाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है एक बयान में उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य स्ट्रीट वैंडर्ज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है

पंचायत गठन चंबा जिला के किलोड़ वार्ड से जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने किलोड़ पंचायत का विभाजन कर नई पंचायत कलामला का गठन करने का जिला प्रशासन से अनुरोध किया है

नमस्कार